और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह आज से हो रहा है शुरू

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य मंत्रलाय की ओर से जारी आंकड़ों के अन्सार बिहार ने स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन देने में छिहत्तर दशमलव छह प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है राज्य में अब तक तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ तेरह लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है दूसरे चरण के पहले दिन कल चार हजार चार सौ इकहत्तर लोगों को टीका लगाया गया जो लक्ष्य का तिरपन प्रतिशत है इसमें फ्रंट लाईन वर्कर्स में पुलिस सेना सैन्य बल होमगार्ड कारा विभाग आपदा प्रबंधन राजस्व विभाग के कर्मचारी सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक और नगर निकाय के सफाई कर्मी को टीका लगाया गया पहले चरण के लिये निबंधित जो स्वास्थ्यकर्मी टीका नहीं लगवा सके हैं उन्हें अब आम लोगों के साथ टीका लगाया जाएगा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है देशभर में छप्पन लाख छत्तीस हजार आठ सौ अड़सठ लाभार्थियों को कोविड उन्नीस के टीके लगाए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक बावन लाख छियासठ हजार एक सौ पचहत्तर स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं उन्होंने जानकारी दी कि अब तक तीन लाख सत्तर हजार छह सौ तिरानवे अग्निम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी टीके लगाए गए हैं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण दो फरवरी को शुरू हआ था डॉक्टर अगनानी ने कहा कि देशभर में कल दो लाख बीस हजार उन्नीस लाभार्थियों को टीके लगाए गए उन्होंने कहा कि टीके लगाने के बाद किसी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है डॉक्टर अगनानी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में किसी के अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु होने की खबर नहीं हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए श्री भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं राज्यों को सलाह दी गई है कि वे को विन प्लेटफार्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है अब तक बारह राज्यों में साठ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जा चूके हैं राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिला और प्रखण्ड स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी गई है कोविड टीकाकरण पर आकाशवाणी समाचार की विशेष चर्चा में नीति आयोग के सदस्य और कोविड राष्ट्रीय कार्यदल के अध्यक्ष डॉ वी के पॉल ने कहा कि टीकाकरण के लिए सरकार ने पैंतीस हजार करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है उन्होंने बताया कि टीकाकरण का साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है बाईट अब इतना एक्सपीरियंस हमारे सामने आ चुका है कि अगर हम नजर डाले कि कितने व्यक्तियों को कोई साइड इफेक्ट हुआ तो आपको हैरानी होगी कि ये संख्या केवल मात्र प्वाइंट जीरो जीरो एक पर्सेंट है

मतलब कि सीरियस ऐसा साइड इफेक्ट हो कि अस्पताल में ले जाना पड़े तो जीरो है बिल्कुल जीरो प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो गई है एक दिन में चौरासी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख अंठावन हजार आठ सौ इकतालीस हो गई है वहीं इसी अवधि में अठासी नये मामलों की भी प्रष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार दो सौ छियालीस हो गया है पिछले चौबीस घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ पन्द्रह हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या आठ सौ नवासी है एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए गए दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं बाईट दोनों वैक्सीनों का डेटा सेफ्टी प्वांइट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इसी लिए साइंटिस्ट है या साइंटिफिक लिक्ट्रेचर देखते हैं उनको यह विश्वास हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है ये हमारे देश में लगानी चाहिए और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए और बाहर जो स्थिति है जहां पर वैक्सीन की शॉर्टेज है और जहां पर केसिस बढ़ रहे हैं ऐसी स्थिति हमारे देश में न हों तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा इस योजना के अन्तर्गत दाखिल खारिज अनिवार्य कर दिया गया है नये किसानों को आवेदन करने से पहले जमीन अपने नाम करानी होगी इस योजना की पुरानी व्यवस्था में केन्द्र सरकार ने बदलाव किया है नये बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर नहीं पड़ेगा इस योजना के तहत चयनित किसानों को हर वर्ष छह हजार रूपये दिये जाते हैं राज्य में इस योजना के लाभुकों की संख्या लगभग साठ लाख है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हो जाएगा श्री जायसवाल पश्चिम चम्पारण के बेतिया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सब कुछ तय है जल्द ही इसकी घोषणा की जायेगी भाजपा जदयू और अन्य सहयोगी पार्टियों के कोटे से मंत्री बनाये जायेंगे श्री जायसवाल ने कहा कि भाजपा कोटे के मंत्रियों के नाम भी लगभग तय है बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ आज से हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर शताब्दी वर्ष समारोह सह प्रबोधन कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले सत्र में मुख्यमंत्री के अलावा सभाध्यक्ष उपमुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता अपने विचार रखेंगे दूसरे सत्र में विधानसभा में लोक महत्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया विधायी शक्तियों और दायित्व के विषय पर परिचर्चा होगी श्री सिन्हा ने कहा कि इस शताब्दी वर्ष के तहत सालभर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होंगे इन कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार की जा रही है

पटना में एक कार्यक्रम के दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि कोरोना काल की चुनौतियां पीड़ा और अवसर के बीच बजट लाने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सत्ताईस लाख करोड़ रूपये का पैकेज दिया अब ऐतिहासिक बजट लाकर सरकार ने स्वस्थ स्वच्छ सुरक्षित और संकल्पित भारत का सपना साकार किया है राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों का निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया है श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने पटना में उच्चस्तरीय बैठक में गैर निबंधित श्रमिकों का निबंधन के लिए निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि निबंधन के जरिये श्रमिकों को भविष्य निधि योजना के तहत लाभ दिलाया जायेगा राज्य सरकार ने स्कूलों में छठी से आठवीं तक की कक्षाओं को खोलने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये हैं ये कक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में क्षमता के अनुपात में सिर्फ पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई है बाकी बचे पचास प्रतिशत छात्र अगले दिन स्कूल आयेंगे सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल के सांसद फंड के खाते से नवासी लाख रूपये की फर्जी निकासी की गयी है सांसद के क्षेत्र विकास कोष से हुये इस फर्जी निकासी के मामले में केन्द्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव से तीन दिनों के अन्दर रिपोर्ट मांगी है सांसद के शिकायत के बाद गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप से महाराष्ट्र पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है इस मामले में सांसद ने बैंक पर मिलीभगत का आरोप लगाया है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हुई बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि गंगा के मैदानी इलाकों और नदियों से सटे अन्य इलाकों में आज भी हल्की बारिश और घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी आज से उत्तर पश्चिमी हवा के सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट और ठंड में बढ़ोतरी होने की सम्भावना है राज्य के चौदह जेल सुप्रीटेंडेंट का तबादला किया गया है गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अन्तर्गत शिवहर हिलसा नवगछिया झंझारपुर और शेरघाटी समेत कई जेलों के अधीक्षक का तबादला हुआ है वहीं सात अन्य प्रशिक्षित उपकाराधीक्षकों को भी जिलों में स्थित उपकाराओं में सुप्रीटेंडेंट बनाया गया है समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आज से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है इस किसान मेला का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे निगरानी विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर नगर निगम में तीन करोड़ पचासी लाख रूपये के ऑटो टिपर खरीद घोटाले में पूर्व एडीएम नगर आयुक्त समेत सात लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया है इससे पहले इस मामले में मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार समेत दो कनीय अभियंताओं पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था इधर खगड़िया में नल जल योजना के तहत बनी टंकी के गिरने के मामले में कनीय अभियंता अरूण कुमार को निलंबित कर दिया गया है बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड ने सुधा ब्रांड के विभिन्न दूध के मूल्य में प्रति लीटर औसतन दो से तीन रूपये की बढ़ोतरी की है अन्य उत्पादों के मूल्य में भी प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी हुई है बढ़े हुये मूल्य आज से प्रभावी हो गये हैं बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेने वाली बिहार टीम के लिए चयन ट्रायल पटना में नौ से चौदह फरवरी तक होगा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 दैनिक जागरण ने कृषि सुधार कानून की खबर को प्रमुखतासे प्रकाशित करते हुये लिखा है कृषि कानूनों के विरोध के आह्वान को नहीं मिला जन समर्थन किसान संगठनों के चक्का जाम का रहा छिटपुट असर पीएमसीएच की नई परियोजना खबर को अपनी बनाते हुये दैनिक भागस्क ने लिखा है इमरजेंसी के बेड छह गुने बढ़ेंगे छत पर हेलीकॉप्टर अंडरग्राउंड मेट्रो इसी खबर पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है पीएमसीएच में नये अस्पताल का कल होगा शिलान्यास प्रभात खबर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के हवाले से लिखा है कैबिनेट का विस्तार विधानसभा सत्र से पहले और अब अंत में मुख्य समाचार देश में कोरोना टीकाकरण के मामले में बिहार पहले स्थान पर पहुंचा

और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह आज से हो रहा है शुरू